कल मनाये जाने वाले अंतराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरो पर राज्यस्तरीय समारोह अजमेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा दिल्ली में बीकानेर हाउस को राजस्थानी संस्कृति का चेहरा बनाया जायेगा

आज संसद के दोनो सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यो को आगे बढा रही है सरकार का लक्ष्य समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव की सफलता के लिये सभी मतदाताओं को बधाई दी

उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेज गति से बढने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल है आज पूरे विश्व में भारत की पहचान बनी भारत सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाले देशों में शामिल हो गया है देश में जल्द ही नई औद्योगिक नीति भी घोषित की जायेगी श्री कोविंद ने कहा कि कालेधन के खिलाफ मुहीम को और तेज किया जायेगा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर कहा है कि भारत विदेशी कंपनियों द्वारा मल्टी ब्रैंड खुदरा कारोबार को अनुमति नहीं देगा उन्होंने छोटे कारोबारियों और खुदरा विक्रेताओं से अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आने का आग्रह किया कल नई दिल्ली में किराना स्टोर्स व्यापारियों और खुदरा कारोबारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में उन्होंने ये बात कही ई कॉमर्स के मुद्दे पर इन सभी को बातचीत में शामिल करने और छोटे कारोबारियों की समस्याओं का पता लगाने के उद्देश्य से यह बैठक बुलाई गई थी कल मनाये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में प्रदेश के सभी जिलों में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है

इसके लिये सरकार ने आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग को नोडल विभाग नियुक्त करते हुए विभागीय समितियों के गठन के संबंध में परिपत्र जारी किया है

इस साल की थीम क्लाइमेट एक्शन रखा गया है आज विश्व शरणार्थी दिवस है

इस वर्ष का विषय है एक कदम शरणार्थियों के साथ विश्व शरणार्थी दिवस पर एक कदम बढ़ाएं संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा जारी ताजा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष के अंत तक सात करोड़ आठ लाख बच्चों महिलाओं और प्रुषों को बल पूर्वक विस्थापित किया गया

कल जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध हिंसा और अत्याचार की वजह से विश्वभर में लोगों को रिकार्ड संख्या में अपने घर छोड़ने पड़े हैं

टिड्डी दलों से फसलों को होने वाले नुकसान को देखते हुए बाडमेर के मुनाबाव में भारत और पाकिस्तान के टिड़डी चेतावनी संघटन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बीकानेर हाउस का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि बीकानेर हाउस दिल्ली में गेट वे ऑफ राजस्थान है ऐसे में इसे और बेहतर स्थान बनाने और यहाँ आरसी ऑफिस पर्यटन और सूचना केंद्र की मजबूती के साथ साथ कभियों को दूर किया जायेगा यहाँ आने वाले लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से हर जरूरी कदम उठाये जायेंगे प्रदेश में अगले महीने की एक तारीख से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरण कार्य भी अब डाक विभाग द्वारा किया जायेगा डाक विभाग के राजस्थान परिमंडल के मुख्य पोस्टमाटर राम भरोसा ने कल जयपुर में पत्रकारों को बताया कि विभाग ने इसके लिये राज्य सरकार के परिवहन विभाग की संस्था के साथ अनुबंध किया है

श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

जगन गुर्जर पर चालीस हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया है

प्रदेश में प्री मानसून की बारिश में कल प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ सहित कई जिले भरपूर भीगे